प्रधानमंत्री ने कहा है कि सतत विकास का लक्ष्य हासिल करने के सरकार के प्रयासों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण है

उन्होंने कहा कि मानवाधिकार की रक्षा हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है हमारी व्यवस्था उन संस्थाओं की आभारी है जो हर देशवासी के अधिकार को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कमजोर वर्गों की आवाज का काम किया है और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस मौके पर प्रधानमंत्री ने एक डाक टिकट और विशेष डाक लिफाफा जारी किया वहीं एन एच आर सी वेबसाइट के नए संस्करण का शुभारंभ भी किया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि लोकतंत्र में अधिक से अधिक सूचनाएं उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है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

उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और सार्वजनिक धन की बर्बादी पर अंकुश लगाने के लिए संसाधनों का समुचित उपयोग किया जाना चाहिए महिला और बाल विकास मंत्रालय मी टू इंडिया अभियान के तहत सामने आ रहे मामलों की जांच के लिए एक समिति बनाएगा इसमें न्यायिक और कानूनी क्षेत्र के वरिष्ठ व्यक्तियों को सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा है कि कार्य स्थलों पर यौन उत्पीड़न को कतई सहन नहीं किया जाएगा मेनका गांधी ने सभी क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं से आग्रह किया है कि वे निडर होकर सामने आएं और किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न के मामले की रिपोर्ट करें उन्होंने कहा कि सरकार उन्हें हर संभव सहायता देगी मेनका गांधी ने कहा कि यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतें आंतरिक शिकायत समिति के पास भेजी जानी चाहिएं या इन्हें पोर्टल डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट शीबोक्स डॉट एनआईसी डॉट आईएन पर दिया जाना चाहिए केन्द्रीय मंत्री और भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस अब झूठ का सहारा लेकर दृष्प्रचार कर रही है श्री जावडेकर ने कहा भाजपा सरकार ने नीम कोटेड यूरिया का विकल्प लाकर यूरिया की कमी को दूर किया है और केन्द्र सरकार ने किसानों को फसल खराबे पर बड़ी राहत दी है उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के प्रयासों से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है

प्रदेश में आगामी विधान सभा चुनाव लडने के लिय कांग्रेस के उम्मीदवारों का फैसला अब दिल्ली में होगा कांग्रेस चुनाव छानबीन समिति की अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने संभावित प्रत्याशियों के बारे में पार्टी के जिला अध्यक्षों और सचिवों से जानकारी ली कल जयपुर में आयोजित एक बैठक में कुमारी शैलजा से टिकट के दावेदारों ने मुलाकात की इस दौरान दावेदारों ने उन्हें अपने लिखित आवेदन सौंपे बैठक के बाद कुमारी शैलजा ने बताया मौजूदा विधायकों को टिकट की कोई गारंटी नहीं है जिताउ उम्मीदवार को टिकट मिलने की पूरी उम्मीद है विधानसभा चुनाव के मददेनजर कांग्रेस सेवादल का राज्यस्तरीय विशेष प्रशिक्षण शिविर कल से अजमेर में शुरू हुआ

राज्य में आगामी सात दिसम्बर को होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर स्वीकृति के बिना मोबाइल पर भी विज्ञापन प्रसारित नहीं किया जा सकेगा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

प्रदेश में विधानसभा चुनाव में धनबल के उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए आयकर विभाग में नियंत्रण कक्ष बनाया गया है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

दौसा जिले में विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिये प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही है

श्रीमती गुप्ता ने बताया कि घरों में लार्वा पाये जाने पर चालान किया जायेगा वहीं विभाग की ओर से एंटी लार्वा कार्रवाई का प्रतिरोध करने पर जुर्माना भी लगाया जायेगा

मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है

साथ ही दोनों पर एक एक लाख रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है